पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर ने ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन में बाढ़ और भू कटाव नियंत्रण परियोजना के तहत पैतीस करोड़ धनराशी की मंजूरी दी है इस विषय पर मंत्रालय ने दो हजार सत्रह में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पूनः स्थापना के लिए एक बार दिए जा रहे प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के बारे में प्रदेश सरकार को सुचित कर दिया है मैबो सब डिविजन के तहत सिगार रालिंग मोत्रमकियित बॉरगुली सेराम कोंगकूल नामसिंग गादुम और मेड़ गांवो में इस परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा कटाव विरोधी और बाढ़ संरक्षण कार्य शामिल हैं केंद्रीय खेल एवं युवा मामला राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश में ही आधुनिक आधारभुत संरचना से लैस और प्रशिक्षण सुविधाए प्रदान करने की योजना बना रहा है अरुणाचल प्रदेश से कभी भी किसी भी खिलाड़ी का एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व न किए जाने पर असंतोष व्यक करते हुए श्री रिजिज्ञ ने कहा कि उनका यह सपना है कि अरुणाचल से आगामी ओलंपिक गेम्स में कम से कम चार से पांच युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करें ईस्ट कामेंग़ में खेल की विशाल क्षमता को देखते हुए उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत खेल अकादमी की स्थापना करने का आश्वासन दिया नई दिल्ली में कल प्रदेश के खेल व युवा मामला मंत्री मामा नात्रंग व ईस्ट कामेंग जिले के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए श्री रिजिजू ने यह आश्वास दिया

एम्पोरियम को पुर्वोत्तर परिषद और राज्य सरकार के समर्थन से स्थापित किया गया है इस अवसर पर श्री बागरा ने ब्रनकरों और कारीगरों से हस्तकला और हथकरघा के उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने और बाजार के बढ़ते मांग के मद्देनजर पारंपरिक डिजाइन को भी बनाए रखने को कहा श्री बागरा ने बुनकरों और कारीगरों से पूरे समर्पण भाव से अपने कार्य में लगकर हथकरघा और हस्तकला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाने को कहा

बैठक में जिले के विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर भी विचार विमर्श किया गया

कार्यक्रम के समन्वयक पेन्या बागरा ने कहा है कि इस इवेंट में असम और अरुणाचल के प्रसिद्ध कलाकार भाग लेंगे इस मिशन के साथ कि असम और अरुणाचल के संबंधो में और आत्मीयता और प्रगाढ़ता आए इस कार्यक्रम में संगीत के उस्ताद भूपेन हजारिका के भतीजे और मशहुर कलाकार ऋषिराज शर्मा भी भाग लेंगे

इस दिन को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील के पत्थर के रुप में जाना जाता है इसी दिन वर्ष उन्नीस सौ बयालीस में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन खत्म करने का बिगुल बजाया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरु किया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई मे गोवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है मुंबई में आज ही के दिन हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरु किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था यह आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई में एक शक्तिशाली जन आंदोलन के रुप में जाना जाता है महात्मा गांधी ने राजाओं जागीरदारों जमींदारों और अमीर लोगों समेत समाज के सभी वर्गो से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया था